दुकानों को शाम चार बजे से बंद करने का दिया आदेश

एक दिन में चौरासी लोगों की मौत

एक मई से दिये जायेंगे टीके कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये प्रदेश में अब शाम छह बजे से कर्फ्यू लागू होगा कर्फ्यू की समय सीमा सुबह छह बजे तक होगी यह व्यवस्था कल से प्रभावी होगी हालांकि अनिवार्य सेवाओं पर नये निर्देश प्रभावी नहीं होंगे कोविड की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में यह फैसला किया गया बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब द्वकानें शाम चार बजे तक ही खुलेंगी उन्होंने बताया कि अब सरकारी और निजी कार्यालय पच्चीस प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही संचालित होंगे

श्री सुबहानी ने बताया कि शादी समारोह को रात दस बजे तक ही पूरा कर लेना होगा शादी समारोह में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नये दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है श्री सुबहानी ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये विशेषाधिकार दिये गये हैं

यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है पटना से सबसे अधिक दो हजार दो सौ सात मामलों की पुष्टि हुई है गया से एक हजार एक सौ तैंतीस बेगूसराय से सात सौ चौंसठ औरंगाबाद से पांच सौ संतानवे सारण से पांच सौ नवासी पूर्णियां से पांच सौ अड़तालीस और पश्चिम चम्पारण से पांच सौ सैंतालीस मामले दर्ज किये गये हैं वहीं इसी अवधि में आठ हजार आठ सौ अठारह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर सतहत्तर प्रतिशत से अधिक है एक दिन में चौरासी लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर दो हजार तीन सौ सात हो गया है फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चौरानवे हजार दो सौ पचहत्तर है देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन लाख साठ हजार से अधिक नये मामले सामने आए हैं वहीं इसी अवधि में दो लाख इकसठ हजार से अधिक लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गयी एक दिन इस महामारी से लगभग तीन हजार तीन सौ लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा दो लाख एक हजार से अधिक हो गया है कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिये निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है इस चरण के तहत अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को एक मई से टीके दिये जायेंगे केन्द्र सरकार ने कहा है कि इस चरण के अन्तर्गत टीका लेने वालों को पहले निबंधन कराना अनिवार्य होगा लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन या आरोग्य सेतु एप के माध्यम से निबंधन करा सकते हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में पहले की तरह केन्द्र सरकार के सभी टीकाकरण केन्द्रों पर सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा बाईट इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा पिछले चरण की तरह लोग फेज में जाकर टीका नहीं लगावा सकेंगे लोगों को अपने मोबाइल नम्बर में माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुवधा के अनुसार तय करना होगा इन प्रक्रियों को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आयेगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा

प्रदेश में अब तक अड़सठ लाख उनचास हजार एक सौ छिहत्तर लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान पचहत्तर हजार छह सौ तैंतालीस लोगों को टीका लगाया गया है इधर देश भर में अब तक चौदह करोड़ अठहत्तर लाख सत्ताईस हजार तीन सौ सड़सठ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है पटना के एनएमसीएच में एक कोविड संक्रमित व्यक्ति की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही से मौत हुई है घटना से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार कर दिया है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में चकसलेम हसनपुर सूरत शाहपुर उंडी बहादुरपुर पटोरी और पटोरी बाजार शुक्रवार शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे

कोविड संक्रमित पाये जाने के बाद उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गहरी संवेदना जतायी है

उसके ऊपर दूसरे मास्क से दोगुनी प्रोटेक्शन हो जाती है आजकल के दिनों में यह लाजमी यह माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जो वायरस है यह हवा के जरिये ही हमारे अंदर घुसता है अगर हम ये दो मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चान्सेज है कि यह वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं डॉक्टर त्रिखा ने कहा कि कोविड टीको का महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता

जो महिलाओं के महामारी हो रही है उनकों यह नहीं लगाया चाहिए वैक्सीन गवर्मेट ऐसा कोई रूल नहीं निकाला यहां ऐसा सजेशन नहीं दिया है कि इन महिलाओं को वैक्सीनेशन नहीं लगाया चाहिए डॉक्टर त्रिखा ने कोविड टीकों के बीच अंतराल और कोविड के लक्षण के बारे में भी जानकारी दीं बाईट अगल अपने पहला इंजेक्शन ले लिया है और उसके बाद आप को कोविड जैसे लक्षण हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिये ऐसा हो सकता है कि पहली खुराक के बाद आप को कोविड हो गया है अगर कोविड हो गया है डॉक्टर ने आप का टेस्ट कराया है और वह पॉजिटिव आया है तो आपको जब आपका कोविड ठीक हो जायेगा उसके चार से छह हफ्ते बाद आप दूसरा स्लॉट ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए रक्षा अन्संधान और विकास संगठन डीआरडीओ अगले तीन महीनों में प्रधानमंत्री केयर फण्ड से मेडिकल ऑक्सीजन के पांच सौ संयंत्र लगाएगा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि वायुसेना के तेजस लडाकू विमान के लिए डीआरडीओ ने मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र तकनीक विकसित की है जो कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन द्लाई के काम में मदद कर रही है श्री सिंह ने डीआरडीओ की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह इस तकनीक का उपयोग कोविड मरीजों की ऑक्सीजन की आवश्यकता प्ररी करने में कर रहा है केंद्र सरकार ने बताया है कि उर्वरक संयंत्रों से आने वाले दिनों में प्रतिदिन पचास मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी ये निर्णय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी केन्द्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि भाप लेने से कोरोना के विषाणु खत्म हो जाते हैं पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि भाप कोरोना को खत्म कर सकता है वहीं एक अन्य ट्वीट में पीआईबी ने उस संदेश को भी फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि काली मिर्च अदरक और शहद द्वारा कोविड का इलाज सम्भव है पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र अन्तर्गत अलाउद्दीनचक गांव में अगलगी की घटना में चार बच्चों की झुलसकर मौत हो गयी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुये मृत बच्चों के परिजन को चार चार लाख रूपये सहायता राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया है इंस्ट्टीयूट ऑफ कम्पनी सेक्रोटरी ऑफ इंडिया तथा चाणक्य नेशनल लॉ य्रनिवर्सिटी पटना के बीच शैक्षणिक सहयोग को लेकर समझौता हुआ है इसके तहत दोनों संस्थान एक द्रसरे के बीच अकादमी प्रशिक्षण और शोध संसाधनों का सहयोग संकाय विकास और संयुक्त कार्यशाला तथा सेमिनार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करेंगे प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह सात बजकर इक्यावन मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं भागलपुर मुंगेर पूर्णिया अररिया कटिहार किशनगंज समेत सीमांचल क्षेत्र में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किये मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर छह दशमलव चार थी भूकम्प का केंद्र असम के तेजपुर से तैंतालीस किलोमीटर पश्चिम में स्थित था अब तक कहीं से भी जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं है

दुकानों को शाम चार बजे से बंद करने का दिया आदेश

एक दिन में चौरासी लोगों की मौत

एक मई से दिये जायेंगे टीके